प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार दवारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अन्भव बताएंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौज़द रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रुपये दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है

राज्यभर के आठ मतदान केंद्रो में आज दौबारा मतदान किया गया जहाँ मतदान के दिन मतपत्र छीनने और अन्य कारणों से च्नाव प्रक्रिया प्री नही हो सकी थी आठ मतदान केंद्रो में लोंगडिंग जिला से एक कामले के दो और पांच अन्य अपर स्बनसिरी जिला से शामिल है राज्य में दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली और दो नगर निकायो ईटानगर और पासीघाट के लिए च्नाव एक साथ मंगलवार को किया गया था मतगणना शनिवार को होगी

भारत चीन सीमा पर अपर सियांग जिले के गेलिंग से श्रु होने वाले रिवर राफ्टिंग अभियान ब्रह्मप्त्र आमंत्रण अभियान अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी और असम मे ब्रह्मप्त्र से होते हए भारत बांग्लादेश सीमा पर असम के मानकछार जिले के असमरल्गा मे आगामी इक्कीस जनवरी में समाप्त होगा यह अभियान नौ सौ सत्रह किलोमीटर की दूरी तय करेगा यह अभियान एन डी आर एफ ब्रह्मप्त्र बोर्ड और वैज्ञानिकों के एक समूह दवारा अरुणाचल प्रदेश और असम सरकार की मदद से चलाया जा रहा है

वही राज्यभर मे बाइस कोविड रोगी स्वस्थ हए जिसे मिलाकर स्वस्थ होने वालो का आंकड़ा बढ़कर सौलह हजार चार सौ एक हो गई है और स्वस्थ होने की दर अट्ठानवे दशमलव तीन नौ प्रतिशत हो गई है

अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की ख्शियां मनाने का दिन है यह दिन लोगों के जीवन को शांति सद्भाव और दया की भावना से परिपूर्ण करता है श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि क्रिसमस त्योहार विश्वशांति लेकर आएगा और इससे मानवता में सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने कहा है कि क्रिसमस का त्योहार करुणा और क्षमा के ईसा मसीह के उपदेशों पर हमारे विश्वास को स्दृढ़ करता है उन्होंने कहा है कि क्रिसमस अपने परिजनों और मित्रों के साथ इकद्वा होकर धूमधाम से ख्शियां मनाने का दिन है उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हए लोगों से इस साल क्रिसमत का त्योहार सादगी मनाने को भी कहा है

अपने अलग अलग संदेश में राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह पर्व पूरे राज्य राष्ट्र और विश्व में शांति प्यार और भाईचारा बढ़ायेगा अपने संदेश मे राज्यपाल ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की ख्शियां मनाने का दिन है

उन्होंने लोगो से कोरोना महामारी के खिलाफ सभी आवश्यक सावधानियाँ और नियमों का पालन करते हए इस त्योहार को मनाने की अपील की मुख्यमंत्री पेमा खांड़ ने अपने संदेश मे कहा कि राज्यभर मे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति मे गिरजा घरों और ईसाई संगठनो दवारा उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करने का क्रिसमस सबसे अच्छा दिन है

विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने भी क्रिसमस के अवसर पर राज्यवासियों को श्भकामनाए दी है